सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के बीस नए मामले सामने आए और तीन रोगी स्वस्थ हए राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बड़कर एक सौ बाईस हो गई है और रिकवरी दर घटकर निन्यानबे दशमलव नौ पांच प्रतिशत रह गई है राज्य में रविवार को कोविड जांच के लिए दो सौ अड़तीस सैंपल एकत्र किए गए राज्य में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में सबसे अधिक लोअर दिबांग वैली जिले से नौ ईस्ट सियांग और राजधानी ईटानगर क्षेत्र से पांच पांच और चांगलांग जिले से एक मामले शामिल है जबकि स्वस्थ हए रोगियों में लोअर दिबांग वैली जिले से दो और वेस्ट कामेंग जिले एक रोगी शामिल है कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने विभाग के आलाधिकारियों के साथ आज ईटानगर की चिंपू स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए वेंटीलेटर ऑक्सीजन सिलिंडर जरुरी दवारों और स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की जानकारी दी इस अवसर पर ट्रिम्स के निदेशक मोजी जिनी और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री लिबांग को ईटानगर के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर के तैयारियों से अवगत कराया

इस अवसर पर ट्रिम्स के निदेशक मोजी जिनी राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉएमलेगो सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ एलजम्पा सहित कई अधिकारी मौजूद थे ट्रिम्स के टेली हब सेवा के नोडल अधिकारि ने बताया कि लोग ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ई संजीवनी ओ पी डी ऐप के माध्यम से चिकित्सकों के विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर परामर्श ले सकेंगे स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि कोविड महामारी के समय में ई संजीवनी सेवा प्रदेश के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी और लोग घर पर रहकर भी अपने मोबाइल के जरिए चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे

राज्य में सिटिजन फ्रेंडली और प्रभावी प्लिसिंग पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी राज्य के सभी हिस्सों में प्लिस बल के समक्ष च्नौतियां कानून एवं व्यवस्था वनाए रखने के लिए कारगर रणनीति राज्य प्लिस अरुणाचल प्रदेश प्लिस बटालियन और इंडियन रिजर्व बटालियन के बीच बेहतर तालमेल पर भी इस सम्मेलन चर्चा होगी म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने तवांग के सभी जिलों के उपाय्क्तों सीमा सड़क संगठन सहित कई अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ ई प्रगति की बैठक की इस बैठक में राज्य के म्ख्य सचिव और कमिश्नरों ने हिस्सा लिया राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के प्रति उपाय्क्तों को सचेत करते हए म्ख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पिछले दिनों दोनो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एस ओ पी का सख्ती से पालन कराएं

राज्य की समुद्ध सांस्कृति विरासत और पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए नामसाई से गत सात अप्रैल को शुरू हई इस रैली के तहत प्रतिभागियों ने राज्य के सोलह जिलों का भम्रण किया मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग इसके बारे में जागरुक होंगे

इस अवसर पर स्थानीय विधायक ताना हालि तारा स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए नए अस्पतालों का स्थापना के अलावा स्वास्थ्य स्विधाओं का भी विस्तार कर रही है उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान राज्य में त्वरित गति से अस्पतालों के निर्माण के अलावा जिला अस्पतालों में प्राथमिकता के साथ आई सी यू स्थापित किया गया है

जनरल जोनल हॉस्पिटल तेज् के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ एचएम सिंह ने बताया कि कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह है अब तक जिले में पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के चार हजार चार सौ दस लोगों को कोविड की पहली ख्राक लगाई जा चकी है और एक हजार एक सौ सात व्यक्तियों ने कोविड दूसरी ख्राक भी ले ली है लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीने के बारे में अन्भव शेयर करते हए लोगों से कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए जल्द वैक्सीन लेने की अपील की है